राज्य में इस बीमारी से अब तक सौ लोगों की मृत्यु हो चुकी है

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित क्मार सिंह ने बताया कि आज कोटा में आठ जयप्र में छः पाली में पांच अजमेर उदयप्र और झालावाड में दो दो तथा अलवर में एक संक्रमित मरीज मिला है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ लॉक डाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पेयजल के कार्यो और मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तार से समीक्षा करें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द टास्क फोर्स गठित कर निवेशकों को उचित वातावरण प्रदान करने का काम आगे बढायेगी ताकि प्रदेश में अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौट सके और श्रमिक रोजगार से जुड सके

एक ट्वीट जारी कर पत्र सूचना कार्यालय ने इस वीडियो को फर्जी बताया है इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यह वीडियो पड़ोसी देश की एयरलाइंस का है

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे में मारे गये मजदूरों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है

यहां के ब्लड बैंक प्रभारी बिहारी लाल मीणा ने बताया कि थैलिसीमिया पीडित बच्चों के लिए स्पेशल ब्लड डोनेशन यूनिट बनाई गई है उन्होंने बताया कि खून की जरूरत को देखते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया है

मौसम विभाग ने बाडमेर जैसलमेर और जालोर जिलों में लू चलने की संभावना जताई है

भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है